इन याचिकाओं में मध्यप्रदेश और राजस्थान में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की शिकायत करते हुए समीक्षा की मांग की गई थी न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी और अशोक मूषण की खण्डपीठ ने मतदाता सूचियों को टैक्ट प्रारूप में उपलब्ध कराने की मांग भी दुकरा दी गौरतलब है कि अदालत ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई प्ररी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था अदालत ने चुनाव आयोग की दलील को सही मानते हुए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया चुनाव ँ आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि मतदाता सूचियों में जनवरी से लेकर मई तक समय समय पर संशोधन कर उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है इस फैसले पर प्रतिकिया देते हुए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही संवैघानिक संस्थाओं पर अविश्वास कर सवाल खड़े करते रही है इस फैसले से कांग्रेस को सबक लेना चाहिये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चौथी औद्योगिक कांति और आर्टिफीशियल इण्टलीजेंस के विस्तार से स्वास्थ्य सेवायें बेहतर होंगी इससे स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च पर कमी आयेगी कल नई दिल्ली में चौथी औद्योगिक कांति केंद्र के उद्घाटन मौके पर श्री मोदी ने कहा कि चौथी औद्योगिक कांति में वह क्षमता है जो मानव जीवन का वर्तमान और भविष्य बदल सकता है उन्होंने कहा कि सेनफ्रान्सिस्को टोकियो और पेचिंग के बाद भारत में चौथे केंद्र के शुरू होने से भविष्य में असीम संभावनाओं के द्वार खूल गये है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मात्र औद्योगिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी लायेगा उन्होंने कहा कि आर्टिफीशियल इंटलीजेंस मशीन लर्निंग इण्टरनेट ऑफ थिंग्स ब्लॉक चैन और बिग डेटा जैसी तमाम नई तकनीक से भारत में विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे राजमाता जन्मशती प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्मशताब्दी वर्ष के आयोजन की शुरुआत आज ग्वालियर से की इसके तहत उनके समाधिस्थल पर श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया इस अवसर पर राज्य शासन मे कैबिनेट मंत्री यशोधराराजे सिंधिया मौजूद थीं राजमाता सिंधिया की याद में आज से ही ग्वालियर में मैराथन दौड़ की शुरुआत भी हो रही है जो सोलह अक्टूबर चलेगी इस मैराथन में देशभर के डेढ़ सौ धावक शामिल हो रहे है और यह पांच राज्यों से होकर गुजरेगी जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजनों का समापन सोलह अक्टूबर को होगा उधर भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कमलशक्ति संवाद कार्यकम भी आयोजित करेगी जिसमें पार्टी की बड़ी महिला नेत्री शिरकत करेंगीं सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज भोपाल में कहा कि प्रदेश में शिवराज सिंह और केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकारें किसानों के लिए अभिशाप साबित हुई हैं भाजपा ने किसानो से वादा किया था कि उनको लागत के अलावा पचास फीसदी समर्थन मूल्य दिया जायेगा लेकिन उन्होंने अपने अन्य वादों की तरह इसे भी पूरा नही किया सुरजेवाला ने केन्द्र राज्यों की सरकार पर अन्य मसलों को लेकर भी आरोप लगाया पात्रा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी और राज्य में शिवराज सिंह के काम के भरोसे भाजपा प्रचण्ड बहमत से फिर सरकार बनायेगी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस चुनाव हार जाती है राफेल के संबंध में पूछे गये एक सवाल के उत्तर में श्री पात्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता इन आरोपों पर कांग्रेस को करारा जवाब देगी हथियार जब्त पुलिस ने सिवनी छिंदवाड़ा सीमा पर आज सुबह एक क्विंटल से ज्यादा चाँदी जब्त की है इसका बाजार मूल्य बयालीस लाख रुपये आंका गया है इस चाँदी को जीएसटी विमाग को सौंप दिया गया है इसके अलावा राजगढ़ से दो पिस्तौल तथा पन्द्रह लाख रुपये के नकली नोटों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है

साथ ही मतदाताओं को मतदान हेतु शपथ दिलाई गई